कोविड महामारी के ख़िलाफ़ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यमियों और निवेशकों से देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर बनाने में अपना सहयोग देने का आहवान किया है

उन्होंने कहा कि भारतवंशियों ने अपने परिश्रम और पुरूषार्थ से अपनी पहचान स्थापित की है उन्होंने कहा कि इनके सहयोग से देश और प्रदेश की आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को नई ऊँचाईयों पर ले जाया जा सकता है

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षो में राज्य में अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है यहां चार एक्सप्रेस वे निर्माणाधीन है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से अगले वर्ष मार्च माह में आवागमन शुरू हो जायेगा

उन्होंने कहा कि राज्य में देश का पहला वाटर वे भी निर्मित किया गया है उत्तर प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से युक्त राज्य है और सरकार यहां अवस्थापना विकास के लिये पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है राज्य में आध्यात्मिक पर्यटन की आपार संभावनाएं है यह बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ नार्थ अमेरिका द्वारा आयोजित इंवेस्टमेंट एण्ड टूरिज्म ईवेंट को संबोधित करते हुए कही उन्होंने कहा कि अयोध्या को दुनिया की सबसे खूबसूरत नगरी के रूप में विकसित किया जायेगा प्रदेश को मानव सभ्यता की प्रथम भूमि बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां दुनिया की प्राचीनतम नगरी काशी कुंभ की धरती प्रयागराज कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा और गंगा यमुना तथा सरयू जैसी पवित्र नदियां है उन्होंने कहा कि यहां आध्यात्मिक पर्यटन के साथ ही ईको और हैरीटेज पर्यटन के भी व्यापक अवसर मौजूद है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को विश्व में मान्यता दिलाई है प्रदेश की संभावनाओं को साकार करने के लिये सरकार ने इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है और यहां की कानून व्यवस्था अन्य राज्यों के लिये एक उदाहरण है उन्होंने कहा कि उद्यमियों और निवेशकों के लिये सेक्टर वार नीतियां बनाकर लागू की गई है प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आरोप लगाया है कि यूपीए सरकार ने दस वर्षो के कार्यकाल में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कृषि बिलों का लगातार विरोध कर रहो है यह सब राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर किया जा रहा है श्री शाही आज मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कृषि मेले में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कहा है कि नई शिक्षा नीति देश की क्षेत्रीय भाषाओं संस्कृति विचारों और मूल्यों पर आधारित है

इन बल्बों से सालाना तीन हजार चार सौ सात मिलियन यूनिट बिजली और एक हजार तीन सौ तिरसठ करोड़ रूपये की बचत हो रही है इस बात की जानकारी आज लखनऊ में ऊर्जा एवं अतिक्ति ऊर्जा स्रोत मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा ने दी

उन्होंने कहा कि इससे करीब चार सौ करोड़ यूनिट ऊर्जा की बचत होगी पहले चरण में नौ सौ पम्प बदलने का कार्य चल रहा है

उन्होंने बताया कि पीएम कुसुम योजना के अन्तर्गत किसान अन्य उपजाऊ भूमि पर पांच सौ किलोवाट से दो मेगावाट तक सोलर प्लांट लगा सकेंगे

ऊर्जा मंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के द्वारा ऊर्जा संरक्षण और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये कोई विशेष प्रयास नहीं किये गये उन्होंने कहा कि आने वाला समय पर्यावरण हितैषी ऊर्जा साधनों का है इसलिये हमें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस से अच्छी तरह से निपटा जा रहा है आज नई दिल्ली म एक अंतर्राष्ट्रीय कोरोना वायरस लघु फिल्म महोत्सव को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि जनवरी में ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कोरोना महामारी की पहचान कर ली गई थी और उन्होंने इसे नियंत्रित करने तथा स्थिति को सामान्य बनाने के लिए पूरे वर्ष उत्साहपूर्वक काम किया बाइट कोरोना संकट अब जाएगा क्योंकि दवाई मिली है आज से ही अमरीका में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है हमारे यहां भी जल्दी आएगा हमें पता है देश के चार वैक्सीन से तैयार हो रहे हैं तो शायद महीने भर में आएगा लेकिन एक बुराई भी ख्याल करने की जरूरत है एक बार वैक्सीन लिया तो हम फ्री हो गए कहीं भी जाएंगे कुछ भी करेंगे ऐसा नहीं है

आप फ्री नहीं हो गए संकट से प्रदेश सरकार कोविड संक्रमण रोकथाम की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है और कोरोना वैक्सीन को लेकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं तेजी से जुटाई जा रही है

मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस बात की व्यवस्था की गई है कि वैक्सीनेटर को आसान भाषा में प्रशिक्षण दिया जाये जिससे उन्हें समझने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस बात की व्यवस्था की गई है कि टीकाकरण का कार्य प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके

प्रदेश में कोरोना संक्रमण में गिरावट लगातार जारी है

प्रतापगढ़ जिले में बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में एक सिपाही सहित पांच लोगों की मौत हो गई यह हादसा जनपद के कधई थाना अन्तर्गत पिपरी खालसा गांव के पास उस समय हुआ जब एक शादी समारोह से लौट रही कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और सभी पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई